आज पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में कई जगह भारी से मध्यम बारिश हुई हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि एक कृषि प्रधान देश है और इसे बढ़ाने का क्रम जारी है

चंडीगढ़ में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है म्ख्यमंत्री ने इस मौके पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की श्रूआत करते हये कहा कि सरकार किसानों की हर सुविधा का ख्याल रख रही है उन्होंने कहा कि किसानों को पानी के साथ साथ बिजली बचाने की भी अपील की जा रही है उन्होंने कहा कि पानी प्रबंधन ठीक किया जायेगा और सरकार इसके लिये कई बांध बनाने के लिये प्रयासरत है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के जल बचाओ अभियान को लोगों का साथ मिल रहा है

इसके साथ साथ कैथल में आयोजित होने वाले अभिनंदन समारोह में बतौर म्ख्यातिथि करेंगे

हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने वरिष्ठ पत्रकार राधे श्याम शर्मा के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और परिजनों से राधे श्याम शर्मा के स्वास्थ्य पर चर्चा की मुख्यमंत्री के साथ वित मंत्री कैप्टन अभिमन्य् और स्थानीय विधायक एवं म्ख्य सचेतक ज्ञानचंद ग्प्ता ने भी राधे श्याम शर्मा के शीघ्र स्वस्थ होने की श्भकामनायें दी मुख्यमंत्री ने पंचकुला में परिजनों से बातचीत के दौरान कहा कि राधे श्याम शर्मा का पत्रकारिता के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यों में भी अभूतपूर्व योगदान रहा है वित्तमंत्री निर्मला सीमारमण कल लोकसभा में केन्द्रीय बजट पेश करेगी

सभी क्षेत्र के लोगों को बजट से काफी उम्मीदें है

आकाशवाणी के समाचार प्रभाग कल बजट पर दिनभर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा

इस संदृश्य को साकार करने के लिये भारत को तेज़ी से प्रगति करनी होगी और सकल घरेल् उत्पाद की वास्तविक वृद्वि दर आठ प्रतिशत बनाये रखनी होगी

आर्थिक सर्वेक्षण में देश के लोगों को सामाजिक स्रक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्वता के तहत सरकार दवारा पिछले पांच वर्षो के दौरान बड़ी संख्या मे चलाई गई सामाजिक स्रक्षा योजनाओं का उल्लेख किया गया है

प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि प्लिस को सूचना मिली थी कि सरकारी डिपो पर गरीब जनता को मिलने वाला आटा रखा हुआ है और वहा से उसको द्सरी पैकिंग मे डाल कर अधिक दामो पर बेचा जाता है सूचना मिलने पर प्लिस दवारा खादय नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ करनाल के भीम नगर इलाके में स्थित एक गोदाम में त्रंत छापामारी की गई

आरोपी को गिरफतार करने के प्रयास किए जा रहे है व मामले की तफतीष जारी है हरियाणा के शिक्षा मंत्रीराम बिलास शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दवारा दोबारा देश की बागडोर संभालने पर राजनीति में स्थिरता आई है और अंतर्राष्टय स्तर पर हिंद्स्तान की साख बढ़ी है श्री मोदी के नेतत्व में भारत तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होने वाला राष्ट बन गया है

बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है वहीं किसानों ने इसे फसल के लिये फायदेमंद बताया है पलवल से हमारे सवाददाता ने बताया कि तेज़ बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश नारायणगढ़ में दर्ज की गई है मौसम विभाग के अन्सार आने वाले तीन दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है हरियाणा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है यहां पर पश्ओं की विस्तृत जानकारी वाले प्रमाण पत्र बनाये जाने आरम्भ किए जा रहे हैं

उन्होंने बताया कि विभाग दवारा पशूओं की नस्ल से सम्बंधित प्रस्तक भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी